सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इस दौरान एक हजार पांच सौ एक रोगियों की कोविड से मृत्य् हई इधर अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड के उन्नीस नए मामले दर्ज किए गए जिसमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र से आठ लोअर दिबांग वैली वेस्ट कामेंग नामसाई जिले से दो दो पाप्मपारे लोहित अपर सियांग लोअर सुबनसिरी और ईस्ट सियांग जिले से एक एक मामले शामिल है इस दौरान राज्य में कल कोविड के छह रोगी स्वस्थ हए जबकि स्वस्थ हए रोगियों में नामसाई से दो ईटानगर राजधानी क्षेत्र वेस्ट कामेंग लोहित और अपर स्बनसिरी जिले से एक एक मामले शामिल है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक सौ पांच हो गई है देशभर में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने श्क्रवार को नया एस ओ पी जारी करते हुए राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए चेकगेट एयरपोर्ट और हैलीपेड पर एंटिजेंट टेस्ट अनिवार्य कर दिया है देश के अन्य राज्यों से आर टी पी सी आर हूनेट या सी बी नेट की बहत्तर घंटे के अंदर की निगेटिव कोविड जांच रिपोर्ट के साथ आने वाले यात्रियों की प्रवेश दवार पर जांच नहीं की जाएगी

कोविड पॉजिटिव रोगियों का जिला कोविड हेल्थ केयर सेंटर में इलाज निश्ल्क होगा दूसरे राज्यों से आने वाले या राज्य के विभिन्न जिलों के बीच लोगों के आवागमन और आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति पर कोई रोक नहीं होगी

श्री रिजिजू ने शनिवार को एक ट्वीट में बताया कि कोविड के लिए बार बार परीक्षण करने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है और वे डॉक्टरों की सलाह ले रहे है श्री रिजिजू ने हाल ही में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सतर्क करते हए अन्रोध किया है कि वे कोविड जांच करवा ले और ऐहतियात के रुप में स्वयं क्वारंटिन हो जाए

यह कीमते ब्रांड के आधार पर तीन हजार चार सौ नब्बे से घटाकर आठ सौ निन्यानबे रुपये प्रति सौ एम एल की शीशी और पांच हजार चार सौ से घटाकर दो हजार आठ सौ रुपये तक की गई है

राज्य के जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित इस प्रदर्शनी में य्वा चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया अरुणाचल अकॉडमी ऑफ फाइन आर्ट्स दवारा विधानसभा सचिवालय के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी के समापन समारोह में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने ज्नियर और सीनियर कटेगरी में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता कलाकारों को नगद प्रस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किया अपने संबोधन में श्री सोना ने कहा कि सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है

कैपिटल इलेक्ट्रिक डिविजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जोरम लाली ने बताया कि स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट को निर्धारित दो महीने की समय में ही प्रा कर लिया गया है उन्होंने कहा है कि स्मार्ट लाइट प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यह प्री तरह से रिमोट आधारित प्रोजेक्ट है जो मोबाइल ऐप से और वेबपोर्टल से नियंत्रित होता है श्री लाली ने बताया है है कि इस प्रोजेक्ट में बीजली की बचत पर जोर दिया गया है उन्होंने बताया कि राजधानी क्षेत्र के कई सेक्टर्स की सड़कों के किनारे भी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने पर विचार चलर रहा है